आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि यह गर्व की बात है आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेश भी कर रहे हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बना टीका देश की आत्मनिर्भरता और आत्म गौरव का प्रतीक है श्री मोदी ने कहा कि उन्हें कई देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से ऐसे संदेश मिलते हैं जिनमें इसके लिए भारत की प्रशंसा की जाती है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अपने साथ साथ दुनिया की भी जरूरतें पूरी करने में सक्षम हो रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अब देश में असाधारण कार्य कर रहे आम लोगों को पदम पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है भारतीय क्रिकेट टीम की शुरूआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हए ऑस्ट्रेलिया से श्रंखला जीतने की प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की उन्होंने कहा कि खिलाडियों की मेहनत और टीम भावना सबको प्रेरित करने वाली है प्रधानमंत्री ने कहा कि छब्बीस जनवरी को तिरंगे के अपमान की घटना से देशवासियों को बहुत दुख हुआ

हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया इस साल भी हमें कझी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है अपने देश को और तेज गति से आगे ले जाना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात के इस वर्ष के पहले संबोधन में झांसी में चल रहे स्ट्राबेरी उत्सव की चर्चा की झांसी का स्ट्राबेरी फोसिटिवल स्टेट ए होम कान्सेट पर जोर देता है इस महोत्सव के माध्यम से किसानों और युवायों को अपने धर के पीछे खाती जगह पर या छत पर पेरेस गार्डन में बागवानी करने और स्ट्राबेरिज उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है नई टेक्नालॉजी की मदद से ऐसे ही प्रयास देश के अन्य हिस्सो में भी हो रहे हैं

किसानों की आय बढ रही है इसका उदघाटन सत्रह जनवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था इस अनुठे उत्सव के उदघाटन अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि स्ट्राबेरी उगाने की यह पहल बहत आगे तक जायेगी और बहादुरी और शोर्य के लिए प्रसिद्व इस क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी उन्होंने कहा था कि अब किसान अपनी छतों पर स्ट्रावेरी उगा रहे हैं और बुन्देलखंड को पहले की तरह बंजर क्षेत्र होने की भ्राति को तोड रहे हैं इस समय झांसी जिले में लगभग चौदह एकड भूमि क्षेत्र में लगभग दस हजार किलोग्राम स्ट्राबेरी उगाई जा रही है स्ट्राबेरी उत्सव का उद्देश्य समृचे बुन्देलखंड क्षेत्र में इस खेती को बढावा देना है इस उत्सव की शुरूआत पर आकाशवाणी समाचार ने झांसी के जिलाधिकारी आंद्रे वामसी से बातचीत की थी जिन्होंने इस उत्सव का उद्देश्य बताते हुए कहा था कि इसके माध्यम से बागवानी विभाग उन योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी दे रहा है जो स्ट्राबेरी के उत्पादन में मददगार होंगी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस की पूर्व संब्या पर राष्ट्रपति भवन में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो को खुराक पिलाकर इस अभियान की शुरूआत की यह दिन पोलियो रविवार के नाम से भी जाना जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के वीरांगना अवन्तीबाई महिला चिकित्सालय में बच्चों को पोलियो डॉप पिलाकर पल्स पोलिया अभियान का श्मारम्भ किया उन्होंने कहा कि पोलियो के प्रति थोड़ी सी लापरवाही बच्चे के भविष्य को अपाहिज बना देती है एक बच्चा एक परिवार के सदस्य के साथ साथ राष्ट्र की अमूल्य धरोहर भी होता है सिनेमा और मनोरंजन उद्योग को बड़ी राहत देते हुए केन्द्र सरकार ने कल से सिनेमा हॉल को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दे दी है केन्द्रीय सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि महामारी के बाद सामान्य रिथिति की ओर लौटने की दिशा में यह राहत महत्वपूर्ण कदम है मानक संचालन प्रक्रिया में सिनेमा हॉल ऑपरेटरों से ऑडिटोरियम कॉमन एरिया प्रतीक्षा क्षेत्रों में हर समय कम से कम छह फीट की पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाये रखने को कहा गया है और कोविड नियमों का पालन करने को कहा गया है